छठें चरण का मतदान आगामी बारह मई को सम्पन्न कराया जायेगा छठे चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज सुरक्षित सीट आजमगढ़ जौनपुर मछलीषहर सुरक्षित सीट और भदोही षामिल हैं लोकसभा चुनाव के छठें और सातवें चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याषियों के पक्ष में रैलियां कर के वोट की अपील कर रहे हैं भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आजमगढ़ में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि भाजपा सरकार ने सबका साथ और सबका विकास के फार्मूले पर काम हो रहा है भेदभाव पूरी तरह खत्म हो गया है देष को एक मजबूत सरकार की जरूरत है जो भाजपा ही दे सकती हे भाजपा के राश्ट्रीय अध्यक्ष अमित षाह ने आज सिद्दार्थनगर में इमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याषी के समर्थन में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हये कहा कि राश्ट्र की सुरक्षा और समुद्धि के लिये नरेन्द्र मोदी देष की जरूरत हैं नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ही आतंकवाद का मुहतोड़ जवाब देना जानती है कॉग्रेस की राश्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने प्रतापगढ़ में कॉग्रेस प्रत्याषी के पक्ष में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि नरेन्द्र मोदी एक कमजोर नेता हैं और देष को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है विज्ञापनों और टीवी में दिखने से राजनीतिक षक्ति नही बढ़ती बल्कि जनता की समस्याओं को सुलझाने और विरोधियों की बातों को समझने से बढ़ती है प्रियंका वाड्रा ने जौनपुर में भी एक सभा को संम्बोधित किया समाजवादी पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेष यादव ने कहा कि भाजपा की जड़ों को गठबंधन ने हिला कर रख दिया है इस बात का एहसास भाजपा के नेताओं को होने लगा है उन्होंने कहा कि सपा बसपा का गठबंधन लोकतंत्र को बचाने के लिये किया गया है केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार की नीतियां और देश के विकास के लिए किए गये कार्य ही चुनावी मुद्दे होने चाहिए आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में गड़करी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी उन्नीस सौ चौरासी के पीड़ितों को न्याय नहीं दे पाई वही न्याय की बात करने में लगी है उन्होंने कहा कि उन्नीस सौ चौरासी के दंगों में जिस प्रकार लोगों को मारा गया था उनको अभी तक न्याय नही मिल सका है उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर फैसला आने तक उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह याचिका खारिज की याचिका में कहा गया था कि दो हजार पांच छः में ब्रिटेन की एक कम्पनी ने अपने वार्षिक आंकड़ों में कथित रूप से राहुल गांधी को ब्रिटेन का नागरिक दर्ज किया था न्यायालय ने कहा कि किसी कम्पनी के किसी दस्तावेज में ब्रिटिश नागरिक लिखे जाने से कोई व्यक्ति वहां का नागरिक नहीं हो जाता उच्चतम न्यायालय ने बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव का वाराणसी सीट से नामांकन पत्र रद्द किये जाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यादव की याचिका को स्वीकार करने के लिए कोई आधार नहीं है समाजवादी पार्टी ने तेज बहादु को वाराणसी सीट से टिकट दिया था उत्तराखंड में केदारनाथ मन्दिर के कपाट आज सुबह श्रद्वालुओं के लिए खोल दिये गये हमारे संवाददाता ने बताया है कि शीतकाल के बाद आज यहां परम्परागत उत्साह और भक्तिभाव का माहौल है चार धाम में से एक केदारनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के बाद परम्परागत ढंग से वैदिक मंत्रोंच्चार के बीच श्रद्वालुओं के लिए खोल दिये गये हैं इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई मंदिर को गेंदे के फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है जहां बाबा के दर्शन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंच रहे हैं हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्रद्वालु मंदिर के गर्भ गृह में भी कड़ाके की ठंड के बीच पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रदेष के सभी जिले इस समय लू के चपेट में हैं तेज गर्म हवाओं के बीच तापमान के बढ़ने से लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है पूर्वी उत्तर प्रदेष सहित प्रदेष के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान चालिस से पैंतालिस डिग्री सेल्सियस के बीच रिकार्ड किया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार नही है